प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल लेन देन से भ्रष्टाचार में कमी आई है और काला धन घटा है श्री मोदी कल नासकॉम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से कृषि स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल क्षेत्र के साथ ही देशवासियों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखकर आहवान किया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नए भारत के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन इसमें निजी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आज रेल रोको अभियान का एलान किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि आज दोपहर बारह बजे से लेकर शाम चार बजे तक ट्रेनों को केवल स्टेशनों पर ही रोका जाएगा बीच रास्ते में यातायात बाधित नहीं किया जाएगा इस एलान को देखते हुए पंजाब हरियाणा उतर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत देशभर मे रेलवे सुरक्षा विशेष बल की बीस अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरल में ऊर्जा और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का उदघाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को कल मंजूरी दे दी

इसके अलावा सत्रह हजार करोड़ रूपये से ज्यादा कर संग्रह हो सकेगा

वर्तमान में पचास हजार रूपये तक का कर्ज माफ किया जा रहा है श्री उरांव कल रांची के चान्हो में आयोजित शहीद वीर बुद्धू भगत समारोह सह विकास मेले में बोल रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले एक वर्ष में पंद्रह लाख तक के लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने को लक्ष्य रखा गया है देशभर में किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान योजना के फर्जी लाभार्थियों से अब पैसे वसूल किए जाएंगे राज्य सरकारों ने ऐसे तैंतीस लाख लोगों की पहचान की है जिन्होंन गलत तरीके इस योजना की लाभ ले रखा है झारखंड में तेरह हजार नौ सौ एक ऐसे ही किसानों की पहचान की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय अधिनियम दो हजार पंद्रह में संशोधन के प्रस्ताव को कल मंजूरी प्रदान कर दी महिला एवं कल्याण मंत्री स्मृति इरानी ने बताया कि हर जिले में बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानूनों की निगरानी की शक्ति अब जिला पदाधिकारी और अतिरिक्त जिला पदाधिकारी को दी जाएगी जिला बाल संरक्षण इकाई भी अब जिला पदाधिकारी के अधीन ही कार्य करेगी दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोविड वायरस के नए रूपों का पता लगने के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नवीनतम मानक नियम जारी किए हैं

राज्य की बारह हजार महिलाओं को जल्द ही कोयम्बट्र स्थित कपड़ा मिल में नौकरी करने का अवसर मिल सकेगा इसके लिए राज्य सरकार के श्रम विभाग और कपड़ा मिल प्रबंधन के बीच बाईस फरवरी को करार होगा राज्य के श्रम आयुक्त ए मुथ्र कुमार ने बताया कि इन महिला कर्मियों को वेतन के अलावा कंपनी के द्वारा आवास और भोजन की भी सुविधा प्रदान की जाएगी अगले एक वर्ष में चरणबद्व तरीके से बारह हजार महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी उन्होंने बताया कि इन महिलाओं को प्रतिमाह बारह हजार रूपये मिलेंगे साथ ही कंपनी प्रबंधन द्वारा भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये विश्वभारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और विश्वभारती के रेक्टर जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे

देश का यह सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय परिसर में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा कल रांची विश्वविद्यालय सिंडिकेट की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया राज्य सरकार से मंजूरी लेने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इसकी स्वीकृति लेनी होगी वर्तमान में रांची स्थित रिम्स और जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल रांची विश्वविद्यालय से संबंद्व है राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए सुचारू व्यवस्था के लिए कानून का डर भी जरूरी है श्री सिंह कल झारखंड मंत्रालय में परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे उन्होंने यातायात सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करते हुए एक एसओपी बनाने का निर्देश दिया इस दौरान मुख्य सचिव ने सड़क हादसे के बाद घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए आम लोगों को प्रेरित करने पर जोर दिया

इसके अलावा उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी श्री सिन्हा कल लोहरदगा जिले में जवान के शहीद होने के बाद पेशरार क्षेत्र को दौरा करने पहंचे थे इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य में जल्द ही आई ईडी बमों को पता लगाने के लिए नए उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ जिलों में आज हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जतायी है विभाग के अनुसार चतरा पलामू हजारीबाग लोहरदगा खूंटी पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसांवा जिला में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है इसके बाद कल से मौसम के साफ रहने की संभावना है चौदहवीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का कल पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुभारंभ हुआ जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की और झारखंड तीरंदाजी संघ की सचिव पूर्णिमा महतो ने तीर चला कर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के करीब तीन सौ पचास तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं बिहार के गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से गुमला जिले के तीन मजदूरों की कल मौत हो गई ये तीनों मजदूर अपने अन्य सहयोगियों के साथ ईट भट्ठों में गोपालगंज गए हुए थे इधर जिलाधिकारी ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं अब अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा जब्त करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल दो हजार इक्कीस से आवंटन बन्द करने की खबर को हेडलाइन बनाया है ऐसा होने पर लगभग पांच सौ लोगों की नौकरियों पर संकट आ सकता है दैनिक भास्कर ने रांची के कोकर से योगदा मठ तक इक्कीस सौ मीटर लम्बे बनने वाले कांटाटोली फ्लाई ओवर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने रांची विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल कॉलेज खोले जाने और पारा शिक्षकों की मौत पर परिजनों को पांच लाख रूपये दिए जाने के प्रस्ताव को लीड खबर बनाया है दैनिक जागरण ने हजारीबाग में मिलावटी केरोसिन से हो रही विस्फोटों को प्रमुखता से जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों को अपनी प्रमुख खबर बनाया है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दाखिल मान हानि के मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी किये जाने की खबर को प्रमुखता से छापा है